इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पांच हजार जन औषधि भण्डारों के संचालकों और इस कार्यक्रम के लाभार्थियों से बातचीत की

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में समग्र सुधार लाने का प्रयास कर रही है और उसका प्रयास समस्याओं को टालने की बजाय उसका समाधान करना है

जन अभियान परिषद पर पूछे गये एक सवाल के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है उन्होंने कहा कि सरकारी पैसों का राजनीतिक उपयोग गलत है इसके साथ ही श्री कमलनाथ ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बिजली की दरें कम की हैं उन्होंने कहा कि फिल्म स्टार सलमान खान को प्रदेश का ब्रांड एम्बसेडर बनाने पर विचार किया जा रहा है जिससे प्रदेश में पर्यटन और विरासत को बढ़ावा मिलेगा लोकपाल उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को लोकपाल की नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक की तारीख दस दिन के भीतर बताने को कहा है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रशांत भूषण की वह याचिका रद्द कर दी जिसमें लोकपाल चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के प्रस्तावित नाम सार्वजनिक करने का अनुरोध किया गया था नये सिक्के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिक्कों की नई श्रृंखला जारी की है इनसे विशेष रूप से दृष्टि बाधित लोगों को आसानी होगी एक दो पांच दस और बीस रूपये के ये सिक्के नई दिल्ली में आज एक समारोह में जारी किये गये जहां दृष्टिबाधित बच्चे विशेष रूप से आमंत्रित किये गये थे

जिला अस्पताल श्रेणी में जबलपुर को प्रथम पुरस्कार जिला अस्पताल होशंगाबाद को द्वितीय पुरस्कार जिला अस्पताल पन्ना एवं रतलाम को तृतीय पुरस्कार दिये जायेगे इसी तरह सिविल और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रेणी में भी ये पुरस्कार दिये जाएंगे अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज सागर में पार्टी के संभागीय संयोजक पालक और बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार देश के सभी लोगों के कल्याण के लिये काम कर रही है एक तरफ हमने रक्षा बजट को बढ़ाकर देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है

इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराजसिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह सहित अनेक वरिष्ठ नेता भी सम्मेलन में उपस्थित थे

प्रदेश सरकार ने गोंडी भाषा को राज्य के जनजातीय बहुल जिलों में प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है

शिविर में कुपोषित बच्चों की निःशुल्क जांच सहित विभिन्न रोगियों को औषधि प्रदान की जायेगी